इन सब को हमें अपर्ने चरित्र का हिस्सा बनाना चाहिये

जब हम वीर शहीदों और उनके बलिदान को याद करते हैं उन्होंने इस दिन प्रत्येक नागरिक की सहभागिता का भी ऐलान किया महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने देवेन्द्र फडणवीस को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर केन्द्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है न्यायाधीश एनवी रमन्नो अशोक भूषण और संजीव खन्ना की खंडपीठ ने फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को भी नोटिस जारी किया है

जोशी निधन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी का आज भोपाल के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया

वे प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी थे मुख्यमंत्री के अलावा वे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भोपाल से दो बार सांसद भी रहे

उन्होंने कल भोपाल स्थित अपेक्स बैंक में सहकारिता अधिकारियों की राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिये जिला और प्राथमिक सहकारी समितियों के स्तर पर भी इस तरह की कार्यशालाएं आयोजित की जाना चाहिये

सामुहिक दुआ के साथ कल इसका समापन होगा देश विदेश से कई जमातें और हजारों लोग इस आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं इज्तिमे में उलेमाओं की तक़रीरे की जा रही हैं जिनमें तालीम के साथ ही लोगों को जिन्दगी जीने के तरीकों की जानकारी दी जा रही है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज इज्तिमा स्थल पहंचे जहां उन्होंने इस आयोजन में शिरकत कर रहे सभी लोगों का इस्तकबाल किया इस मौके पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आरिफ अकील भी मौजूद थे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

इस कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री थावरचंद गेहलोत और किरण रिजिजू शामिल होने वाले थे

भोपाल स्थित शौर्य स्मारक में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की अध्यक्षता में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा